प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आगामी लोकसभा चुनाव में जीत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को अजेय भारत अजेय भाजपा पर जोर देने की अपील की है श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में आयोजित पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक के समापन सत्र को को संबोधित करते हुए कहा विपक्ष के पास कोई नेता नीति और रणनीति नहीं है उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ पर चुनाव लड़ती है महागठबंधन पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग एक साथ चल नहीं सकते आज वे केन्द्र सरकार की उपलब्धियों से घबराकर एक साथ आने को मजबूर हुए हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि दो हजार उन्नीस में होने वाले लोकसभा चूनाव में भाजपा एक बार फिर पहले से अधिक सीटों पर कामयाब होगी बैठक की समाप्ति के बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में भी विफल रही है और अब विपक्ष के तौर पर भी अपना सकारात्मक रोल नहीं निभा रही है श्री प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस के अड़तालीस सालों के शासन की जगह भाजपा गठबंधन ने अड़तालीस महीनों के दौरान देश के विकास के लिए जिन योजनाओं को लागू किया है वो एक मिसाल है पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पारित मोदी सरकार की उपलब्धियों को उजागर करने वाले विजन दस्तावेज दो हजार बाईस नाम के राजनीतिक प्रस्ताव में पार्टी ने विपक्ष पर हताशा और नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया गया पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने इस अवसर पर संवाददाताओं से कहा कि जनता उन लोगों का साथ नहीं देती जो राजनीति में नकारात्मकता लेकर आते हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के पास एक दृष्टि है जूनुन है और देश के विकास की परिकल्पना है

उसमें मूल मुद्दा ये है कि एक नये भारत का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने किया और चार साल के बाद हम यह कह सकते है कि नये भारत का संकल्प साकार करने की दिशा में भारत ने बहुत तरक्की की है समाज ने भी साथ दिया है और इसलिए पूरा विश्वास इस प्रस्ताव में जताया है कि नया भारत साकार होकर ही रहेगा इन्द्रपुरी बराज से लगभग चार लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण सोन और गंगा के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है जिला प्रशासन ने इन दोनों जिलों के संवेदनशील इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया है और इन स्थानों पर सतत निगरानी रखी जा रही है वहीं नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों के साथ प्रदेश में हुई वर्षा से गंगा कोसी बूढ़ी गंडक और बागमती समेत अन्य नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं भोजपुर जिले में पिछले चौबीस घंटों के दौरान सोलह मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गयी है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर आज सुबह कहलगांव साहेबगंज और फरक्का में खतरे के निशान से तैंतीस सेंटीमीटर से लेकर नब्बे सेंटीमीटर तक ऊपर था पुनपुन नदी का जलस्तर पटना जिले के श्रीपालपुर में खतरे के निशान से बारह सेंटीमीटर ऊपर था वहीं घाघरा नदी का जलस्तर सीवान के गंगपुर सिसवन में उन्नीस सेंटीमीटर ऊपर था बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खगड़िया में खतरे के निशान से चौरानवे सेंटीमीटर ऊपर था इसके जलस्तर में कल सुबह छह बजे तक सात सेंटीमीटर वृद्धि की संभावना है वहीं कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में पचपन सेंटीमीटर ऊपर था और इसके जलस्तर में कल सुबह छह बजे तक बाईस सेंटीमीटर की कमी होने की संभावना है कोसी नदी कटिहार के कुर्सला में खतरे के निशान से पचास सेंटीमीटर ऊपर बह रही है इसके जलस्तर में कल तक इक्कीस सेंटीमीटर की वृद्धि की संभावना है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के पूर्वानुमान में कहा है कि प्रदेश की अधिकांश नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण महानंदा और कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि की संभावना है सूत्रों ने बताया है कि नेपाल के धरान में आज तिहत्तर मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी है खगड़िया जिले के गोगरी प्रखंड स्थित बलतारा गांव में आज वजपात की घटना में तीन महिलाओं की मौत हो गयी जिस वक्त यह दुर्घटना हुई उस समय सभी महिलाएं खेत में काम कर रही थी वहीं समस्तीपुर जिले में वारिसनगर थाना क्षेत्र के रहुआ गांव में हुये वजपात से एक व्यक्ति की झुलसकर मौत हो गई वहीं तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये प्रदेश में मिशन इंद्रधनुष का तीसरा चक्र कल से प्रारम्भ हो रहा है बीस सितम्बर तक चलने वाले इस अभियान के तहत राज्य के तेरह जिलों में गर्भवती महिलाओं और दो वर्ष से छोटे बच्चों को दस जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए टीका दिया जाएगा राज्य स्वास्थय समिति ने इस मिशन को सफल बनाने के लिए सभी तेरह जिलों के चिन्हित आंगनबाडी केन्द्रों और सरकारी स्वास्थय केन्द्रों पर विशेष प्रबंध किये हैं देश भर के लगभग तीन हजार जिला और अधीनस्थ अदालतों में संचार की सुविधा बेहतर बनाने के लिए इन्हें वाइड एरिया नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जाएगा इससे न्यायिक व्यवस्था की समग्र कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता आयेगी न्याय विभाग ने इसके लिए एक सौ सड़सठ करोड़ रुपये की लागत से भारत संचार निगम लिमिटेड को प्रतिष्ठित ई कोर्ट वैन परियोजना आवंटित की है औरंगाबाद जिले में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के तहत बीमा कराकर गरीब वर्ग के लोग अपने परिवारों का भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट औरंगाबाद संवाददाता कमल किशोर औरंगाबाद जिले में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लागू होने के बाद कमजोर वर्ग के लोगों में अपने परिवार को लेकर सुरक्षा और चिंतामुक्त होने का भाव देखा जा रहा है पटनवा गांव के निवासी अशोक प्रसाद बताते है कि बारह रुपये में दो लाख रुपये तक बीमा कवर सबसे सस्ती सामाजिक सुरक्षा योजना है

बाइट चंदन ठाकुर प्रधानमंत्री बीमा सड़क योजना हमने कराया है काफी इससे फायदा हो रही है हमलोगों को और इसमें प्रधानमंत्री जी का यह बहुत अच्छा कदम है जिसमें जीवन के बाद भी और जीवन में भी दोनों में सुरक्षा ये प्रदान करेंगी इसलिए प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना जो है ये काफी अच्छी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के तहत जिले के एक लाख लाख साठ हजार से अधिक व्यक्तियों ने बीमा कराया है अब तक बहत्तर आश्रित परिवारों को उनके परिवार के कमाने वाले सदस्य के असामयिक निधन पर संकट में सहायता भी प्रदान की गयी है आकाशवाणी समाचार के लिए औरंगाबाद से कमल किशोर चालीस वर्ष से कम आयु के मैथिली साहित्यकारों के प्रोत्साहन के लिए प्रतिवर्ष दिया जाने वाला मैसाम युवा सम्मान इस वर्ष समस्तीपुर के खानपुर की स्वाती शाकम्भरी को दिया गया है उन्हें यह सम्मान मैथिली साहित्य सम्मेलन की ओर से आज नई दिल्ली में आयोजित चौथे विद्यापति स्मारक व्याख्यान माला के दौरान प्रदान किया गया श्रीमती शाकम्भरी को यह सम्मान उनके मैथिली कविता संग्रह पूर्वागमन के लिए दिया गया है उन्हें वर्ष दो हजार सत्रह में काका साहेब कालेलकर स्मृति युवा साहित्य सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि राज्य में हुई अच्छी वर्षा से अब तक साडे बत्तीस लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में धान की बुआई हो चुकी है जो कुल रकबे का पंचानवे प्रतिशत से अधिक है श्री कुमार ने कहा कि राज्य में इस वर्ष खरीफ मौसम में चौंतीस लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है उन्होंने कहा कि प्रदेश में शत् प्रतिशत आच्छादन सुनिश्चित करने के लिए किसानों को निःशुल्क वैकल्पिक फसलों के बीज भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीननगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और स्वतंत्रता सेनानी रामरूप प्रसाद राय का आज पटना के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया वे एक सौ सात वर्ष के थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व विधायक एवं स्वतंत्रता सेनानी रामरूप प्रसाद राय के निधन पर आज गहरी शोक संवेदना व्यक्त की पटना जिले के खुशरूपुर थाना क्षेत्र के बांसटोल चौराहा के पास स्नान के दौरान गहरे पानी में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गयी वहीं नालंदा जिले के सिलाव थाना क्षेत्र के नानद गांव में पानी भरे खड्डे में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी मूंगेर जिले में अब पीड़ितों की शिकायतें थाना प्रभारी या ड्यूटी पर तैनात केवल पुलिस पदाधिकारी ही सुनेंगे पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने जिले के सभी पंद्रह थानों के मुंशी को पीड़ितों से बात करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है लखीसराय जिले के पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने तेतरहाट थाना प्रभारी नरेश कुमार को बालू के अवैध उत्खनन की रोकथाम में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया है और अब अंत में मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अजेय भारत अजेय भाजपा पर दिया जोर